आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सत्रह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया